गृह मंत्रालय द्वारा आज इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन टीम के संचालन उद्योग धन्धों की कार्य योजना औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया है यह आदेश सभी डीएम एसएसपी डोआईजी कमिश्नर एडीजी आदि फील्ड के सभी अफसरों को भेज दिया गया है

श्री अवस्थी ने बताया कि जारी आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण भाग कन्टेनमेन्ट जोन के संदर्भ में है जहाँ हॉट स्पाट क्षेत्र है उसके निर्धारण पर खास जोर दिया गया है इस सम्बन्ध में कन्टेनमेन्ट जोन में सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं प्रत्येक हॉटस्पाट में हर घर में सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेन्सी सेवायें शुरू करने वाले अस्पतालों से संवाद बनाया जाये

उन्होंने कहा कि मण्डियों का निरन्तर प्रभावी निरीक्षण करने के साथ ही साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाये मण्डियों में सेनेटाइजर के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का भी पालन कराया जाये

प्रदेश में कोरोना महामारी से संघर्ष में लग योद्वाओं की सेवा और प्रयासों के प्रति अनूठे ढंग से आभार व्यक्त किया गया सेना के हेलीकॉप्टरों ने लखनऊ में आज सुबह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के परिसरों में कोरोना योद्धा डॉक्टरों नर्सों सफाईकर्मियों और अन्य लोगों पर आकाश से पुष्प वर्षा की गई वाराणसी मेरठ और राज्य के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार कोरोना योद्वाओं का सम्मान किया गया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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस प्रकार रक्षा सेनाओं ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता व्यक्त की है उससे देश के हर कोने में प्रत्येक भारतीय में अपार ऊर्जा का संचार हुआ है

प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी श्रमिकों को वापस ला रही है श्रमिकों को लेकर पहली रेलगाडो आज सुबह लखनऊ पहुंची राज्य सरकार ऐसी और रेलगाडियां चलाने के बारे में संबद्ध अधिकारियों से बातचीत कर रही है

लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद में फँसे बारह सौ प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज सुबह कानपुर सेन्ट्रल पहुँची स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि साबरमती से कानपुर के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलायी गयी जिससे यात्रा करके आये विभिन्न जिलों के प्रवासी कामगारों की स्क्रीनिंग की गयी उसके बाद उन्हें जिलेवार भेजने क लिए बसों की व्यवस्था की गयी मेरठ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खादी के मास्क तैयार कर सरकारी विभागों में पहुंचा रही है लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है जिला विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पच्चीस सौ सहायता समूह है जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि महिलाएं अभी तक एक लाख से ज्यादा मास्क तैयार कर चुकी है प्रतापगढ़ जिले के ब्लाक मान्धाता के गाँव लिलोली की स्वयं सहायता समूह की महिलायें व्यापक रूप से मास्क बनाने का काम कर रही है समूह अब तक लगभग दस हजार मास्क बना चुका है इनका लक्ष्य लगभग पचास हजार मास्क बनाने का है वहीं हरदोई जिले में महिला सिपाही पुलिस लाइन के सामुदायिक केन्द्र में मास्क बना रही हैं जिले के पुलिस अधीक्षक ने महिला सिपाहियों को मास्क बनाने के लिये सिलाई मशीन कपड़ा और अन्य सामान उपलब्ध कराया है

कन्नौज जिले में जॉब कार्ड बनाकर कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है अब तक चार सौ पच्चीस श्रमिकों के नये जॉब कार्ड बनाये गये हैं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि जिले में एक लाख पचास हजार से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड धारक है जिले की पांच सौ चार ग्राम पंचायतों में से तीन सौ छिहत्तर में अलग अलग पांच सौ इक्यावन काम कराये जा रहे हैं इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है वहीं कुशीनगर के तमकुही ब्लाक के लक्ष्मीपुर बुर्जुग ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया है

पीलीभीत के बाकैनिया गाँव में भी मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारक मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं विश्व भर में आज प्रेस स्वततंत्रता दिवस मनाया जा रहा है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्र प्रेस एक मजबूत लोकतंत्र बनाता है

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है मीडिया के पास लोगों का सूचित और शिक्षित करने की ताकत है भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने प्रेस दिवस पर पत्रकार जगत को बधाई देते हुए कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता स लोकतंत्र मजबूत होता है जम्मू कश्मीर के हन्दवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में इक्कीस राष्ट्रीय रायफल के कर्नल आशुतोष शर्मा मेजर अनुज शूद नायक राजेश और लांस नायक दिनेश शहोद हो गये

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बुलन्दशहर के तहसील सीयाना ग्राम परवाना के शहीद कर्नल आश्रतोष शर्मा के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहयोग और एक परिजन को नौकरी देने की घोषणा की शहीद कर्नल स्मृति में उनके पैतृक गाँव में गौरव द्वार का निर्माण भी किया जायेगा